ग्रवाहाटी स्थित मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल में मॉनसून के वक्त समान्य तौर पर आठ सौ पचहत्तर दशमलव पांच मिलीमीटर की वर्षा होती है जबकि इस वर्ष मात्र चार सौ पंचानवें दशमलव पांच मिलीमीटर बारीश रिकॉर्ड किया गया है यानि इस मौसम में करीबन तैंतालीस प्रतिशत बारीश कम पड़ी बहरहाल सियांग घाटी में तेज हवा के साथ हलके बुंदा बुंदी की शुरुआत के साथ हो धीरे धीरे मौसम की स्थिति बेहतर होने की गुंजाइश है ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने शनिवार को पासीघाट स्थित अपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कामकाज पर विस्तृत पुछताछ करवाने के लिए फेक्ट फाइडिंग समिति गठित किया है आदी छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ आरोप लगाए जाने पर अपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टेट्स मालिक शेयरधारक और यूजीसी मानदंडो का अनुपालन इत्यादि के विवरणों का पता लगाने के लिए यह समिति गठित की गई है यह समिति सात दिन के अंदर जिला प्रशासन को रिपोर्ट सोंपेंगा केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा एक हजार रुपये से घटाकर दो सौ पचास रुपये कर दी है सरकार के इस कदम से योजना के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ सकती है मोदी सरकार ने जनवरी दो हजार पंद्रह में बेटियों के नाम पर यह बचत योजना शुरु की थी सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट नियम दो हजार सोलह में संशोधन कर दिया है इसके मुताबिक अब दो सौ पचास रुपये सालाना जमा करके भी योजना में निवेश किया जा सकता है वर्ष दो हजार अटठारह उन्नीस का बजट पेश कराते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यह योजना मोदी सरकार की बड़ी सफलताओं में एक है खेलों इंडिया प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत सात सौ चौतींस युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियो को बढ़ावा देने की यह महत्वपूर्ण योजना है यूवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि भारत में खेल क्रद के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए हैं खेलों इंडिया के तहत खिलाड़ियों को सरकारी मान्यता प्राप्त आवासीय अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जायेगा दैनिक खर्च चोट लगने पर इलाज और अन्य खर्चों के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को सलाना एक लाख़ बीस हजार रुपये दिये जाएंगे यह स्टाइपेंड खिलाड़ियों को हर तीन महीने में मिलेगा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का सशक्त माहौल तैयार करने के लिए पहली बार विभिन्न निजी राज्य और भारतीय खेल प्राधिकरण की अकादमियों के अलावा इक्कीस अकादमियों को उच्चाधिकार समिति ने मान्यता प्रदान की है ऐसी ही और अकादमी विकसित करने की योजना है ताकि युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों को चलाने से पहले नामसाई स्थित अरुणाचल यूनिवार्सिटी ऑफ स्टडिस के छात्रों ने बीस जुलाई को कड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया भारत सरकार की कोशिश में अरुणाचल युनिवार्सिटी ऑफ स्टाडिस साथ देते हुए मिशन इंद्रधनुष टीम की कठोर निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों में सहयोग कर रहा है दिसंबर दो हजार अट्टारह तक पूर्ण टीकाकरण के प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि को सफल बनाना मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य है असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित होने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वास्तविक भारतीय नाग़रिकों को घबराने की जरुरत नहीं है और सभी को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के पर्याप्त अवसर दिये जाएंगे गृहमंत्री ने एक बयान में कहा कि असम में नागरिकों की सूची राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पिच्चासी के असम समझौते के अन्रुप अद्यतन किया जा रहा है यह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हो रहा है और इस प्रक्रिया पर लगातार निगाह रखी जा रही है केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रारुप इस महीने की तीस तारीख को प्रकाशित हो जाएगा और आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त समय उपलब्ध होगा वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह पेश किया यह विधेयक दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश दो हजार अटठारह का स्थान लेगा इस विधेयक से दिवालियापन संबंधी व्य्वस्था में महत्वपूर्ण सुधार होगा श्री गोयल ने कहा कि कानून ढ़ीला होने की वजह से पिछली सरकारें कथित बड़े ऋणों की वसूली समय पर नहीं कर सकी जिससे डूबे ऋणों की समस्या बढ़ गई आपराधिक कानून संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिज्ञ ने सदन में विधेयक रखा इस विधेयक से भारतीय दंड संहिता अटठारह सौ साठ में संशोधन करके महिलाओं से दुषकर्म की न्यूनतम सजा सात साल से बढ़ाकर दस साल करने का प्रावधान है इसके अनुसार बारह वर्ष से छोटी बच्चियों से दुषकर्म या सामूहिक दुषकर्म के मामलों में कम से कम बीस वर्ष की कैद या मृत्युदंड की सजा दी जा सकेगी सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से दुषकर्म पर बीस वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है